राज्य सरकार ने प्रदेश में घरेलू व विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर लगाई रोक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने उठाए अनेक एहतियाती कदम मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की आंगतुक सर्वेक्षण व ई रात्रि चैकिंग प्रणाली का किया और शुभारम्भ

इस दौरान वे कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति और केंद्र सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में देशवासियों से विचार सांझा करेंगे पर्यटन रोक राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य में घरेलू व विदेशी सैलानियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है सरकार की ओर से इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है बीती रात चंडीगढ़ में कोरोना वायरस का एक मामला पॉजिटिव आने के बाद हिमाचल सरकार ने ये निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में सभी पर्यटकों के प्रवेश पर ये पाबंदी अगले आदेश तक जारी रहेगी कोरोना इस बीच कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार अनेक एहतियाती कदम उठा रही है सभी जिला प्रशासनों ने अपने अपने स्तर पर एहतियाती उपाय किए हैं शिमला सहित कई जिलों में आधार केंद्रों और कोचिंग सेंटरों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए गए हैं नगर निगम शिमला के कर्मचारियों ने आज रिज मैदान पर साफ सफाई की और कीटाणु रोधी दवाई का छिड़काव किया उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्रों को सैनिटाईज किया जा रहा है

उधर सोलन ज़िला प्रशासन ने सोलन के पुराने बस अड्डे मालरोड और अन्य क्षेत्रों में लगने वाले संडे बाजार को बंद रखने का निर्णय लिया है धर्मशाला अस्पताल में आज कोरोना वायरस के एक संदिग्ध व्यक्ति को भर्ती किया गया है और उसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं उधर भुंतर हवाई अड्डे से हैलीकॉप्टर उड़ानों में जनजातीय इलाकों की ओर जाने वाले यात्रियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन के सभी अधिकारियों को कोरोना वायरस से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं राजभवन में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि जागरूकता ही इस वायरस का सर्वोत्तम समाधान है और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए इस अवसर पर आईजीएमसी शिमला के चिकित्सक डॉक्टर विमल भारती ने कोरोना वायरस से बचने के एहतियाती उपायों की जानकारी दी मंत्री शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में कोरोना वायरस की जांच के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने कहा कि सभी बड़े अस्पतालों में कोरोना को लेकर पर्याप्त व्यवस्था की गई है इस बीच शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि सफाई कार्य से जुड़े कर्मियों को मास्क दस्ताने जूतें टोपी और सैनिटाईजर उपलब्ध करवाए जाएं उधर परिवहन मंत्री गोबिंद ठाक्र ने आज कुल्लू में कोरोना वायरस को लेकर एक बैठक में निर्देश दिए कि सभी बसों को रवाना करने से पहले सैनिटाईज किया जाए

साक्षात्कार की अगली तिथि बाद में तय की जाएगी

मास्क बिक्री राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र आज से जनता के लिए मास्क की बिक्री शुरू कर दी है ये मास्क राज्य के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए हैं और राज्य सचिवालय शिमला में आजीविका मिशन की दुकान में ये मास्क उपलब्ध हैं

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पुलिस विभाग की आंगतुक सर्वेक्षण और ई रात्रि बीट चैकिंग प्रणाली का शुभारम्भ किया इसके माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और पुलिस थानों चौकियों और अन्य इकाईयों में आंगतुकों की निगरानी हो सकेगी ई रात्रि बीट चैकिंग प्रणाली के माध्यम से पुलिस को रात के समय चलने वाले संदिग्ध वाहनों व अपराधियों पर नज़र रखने में मद्द मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रणाली से तैयार किया जाने वाला डाटाबेस पुलिस को आपराधिक मामलों की जांच और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के साथ पुष्टि करने में भी मदद करेगा उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन आंगतुक सर्वेक्षण प्रणाली को पुलिस विभाग की वैबसाईट से जोड़ा जाएगा और ई रात्रि बीट चैकिंग प्रणाली से रात्रि गश्त करने वाले पुलिस कर्मी की जीपीएस की सूचना प्राप्त होगी

कुम्हारहट्टी में आज सोलन के उपायुक्त और राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि फोरलेन कार्य से क्षतिग्रस्त सड़कों की मुरम्मत भी साथ साथ सुनिश्चित की जानी चाहिए भेंट पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट कर उन्हें हिमाचल के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में दी जा रही शिक्षण सुविधाओं से अवगत करवाया कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय हिमाचल के विद्यार्थियों उद्यमियों व उद्योगों को लाभ प्रदान करने के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना चाहता है इस बीच सिरमौर जिले के अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुनील कुमार ने भी राज्यपाल से भेंट की और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की तर्ज पर सरकारी नौकरी देने का आग्रह किया कोरोना जागरूकता आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रंखला पर परिचर्चा प्रसारित करेगा

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

इसके लिए सरकार ने स्वर्ण जयंती वर्ष की टैगलाईन और लोगो के डिजाईन आमंत्रित किए हैं